उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने कहा कि उच्च शिक्षा प्रणाली को इक्कसवीं सदी की जरूरतों के अन्रूप बनाने की है आवश्यकता केन्द्र और प्रदेश सरकार दलित उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए चला रही हैं अनेक योजनायें लखनऊ में आयोजित की गई खाद्य प्रसंस्करण कार्यशाला

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के पहले चरण में कल वियतनाम में दा नांग पहुंचे हवाई अड्डे पर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और दा नांग शहर के जाने माने लोगों ने गर्मजोशी से श्री कोविंद का स्वागत किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिन्द प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ भारत के बढ़ते हुए संपर्क को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है वितयतनाम का भारत के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है राष्ट्रपति आज सुबह विश्व परिषद धरोहर मिशोंग भी जाएंगे जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है यहां बुद्विजम और हिन्द्र चाम सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं भारत यहां की धरोहर बचाने का भी प्रयास कर रहा है अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री कोविंद बुधवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे वे ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे और मेलबर्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति एमवेकैंया नायडू ने कहा है कि उच्च शिक्षा प्रणाली को इक्कसवीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए नये सिरे से इसकी रूपरेखा बनानी होगी और इसका पुनर्निर्धारण करना होगा उन्होंने नई दिल्ली में कल क्रिया विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए शोधकर्ता और पीएचडी करने वाले छात्रों की कम होती संख्या पर चिंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को नवाचार का केन्द्र बनना चाहिए और असंतोष हताशा और भेदभाव की भावना पैदा करने का स्थान नहीं बनने देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की तीन दशमलव दो किलोमीटर लंबी एस्कॉर्ट्स मुजेसर बल्लभगढ़ रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे दिल्ली मेट्रो से जुड़ने वाला बल्लभगढ़ हरियाणा का चौथा शहर है गुरूग्राम फरीदाबाद और बहादुरगढ़ पहले ही इस से जुड़ चुके हैं दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है मेले में प्रदर्शित विभिन्न उत्पादों को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं फूड स्टॉलों में बेचे जा रहे विभिन्न राज्यों के पकवान मेले का प्रमुख आकर्षण हैं इस बार का व्यापार मेला ग्रामीण विकास की थीम पर केन्द्रित है मेले में अफगानिस्तान भागीदार देश के रूप में शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं फिल्म और सिनेमैटोग्राफी के प्रति युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार मुंबई में एनिमेशन गेमिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स संस्थान स्थापित करेगी सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है गोवा में मंगलवार से शुरू हो रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में उन्होंने कहा कि यह सिनेमैटोग्राफिक उत्पादों के विपणन तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय फिल्मों के प्रोत्साहन का अवसर होता है इस बार इस्राइल को हमने फोकस कंट्री रखा है इस्राइल से दर्जन भर फिल्में आ रही हैं उनकी सबसे बेस्ट और उनके क्रू मैम्बर्स साथ में आ रहे हैं लेकिन इस बार हमने एक फोकस स्टेट भी रखा है झारखंड इज द फोकस स्टेट इस बार करीब डेढ़ सी इंटरनेशनल फिल्म सेलिब्रेटिज आ रहे हैं बहुत जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इसमें आ रही हैं केन्द्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष अजय भूषण पांडेय को राजस्व सचिव नियुक्त किया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एक अधिसुचना में कहा कि महाराष्ट्र काडर के उन्नीस सौ चौरासी बैच के आईएएस अधिकारी श्री पांडेय वर्तमान वित्त और राजस्व सचिव हंसमुख अढ़िया की तीस नकम्बर को सेवा निवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे केन्द्र और प्रदेश सरकार दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है जिसका लाभ उठाकर वे नये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री अनिल राजभर ने कल राजधानी लखनऊ में दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज तथा केन्द्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यशाला के दौरान यह बात कही इस कार्यशाला का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में दलित उद्यमियों की संख्या को बढ़ाना था इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिलिन्द काम्बले ने कहा कि उनकी संस्था का उद्देश्य आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सौ दलित उद्यमियों को तैयार करना है यूपी जैसे एक एग्रीकल्वर बेस्ड स्टेट में फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज में अपार संगावनायें हैं

जैसे नई टेक्नोलॉजी गामा यूडेसन आई है ओर हमारी कोशिश है उत्तर प्रदेश से फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्री में सौ उद्यमी औने वाले दिन में हम बनायेगे मुख्य सचिव डॉक्टर अनुप चन्द्र पाण्डेय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्यारह लाख इकहत्तर हजार आवास विहीन या कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को अगले वर्ष मार्च तक पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाईयां प्राथमिकता के आधार पर पूरी कर ली जायें उन्होंने बताया कि दो नवम्बर तक दस लाख सत्तासी हजार आवास ऐसे परिवारों को स्वीकृत किए जा चुके है उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह में सात लाख इकहत्तर हजार आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करके प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है इतनी बड़ी संख्या में इससे पूर्व आवासों का निर्माण कभी नहीं हुआ श्री पाण्डेय कल लखनऊ स्थित लोकभवन में प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि उन्नीस जनपदों में अड़तालीस हजार सात सौ दस मुसहर परिवारों को चिन्हित कर सैंतीस हजार दो सौ अड़सढ परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गये हैं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जनता को काफी लाम मिल रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है उन्हॉने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से गरीब और छोटे व्यापारियों को लाम हुआ है तथा उन्हें योजना में आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है इस योजना के द्वारा बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ है श्रीमती गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बिलसंडा विकास खंड के कई गांवों का भ्रमण कर के लोगों की समस्यायें सुन रहीं थीं देव प्रबोधनी एकादशी आज प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्ति के वातावरण में आस्था के साथ मनाई जा रही है लोगों ने आज तड़के पवित्र नदियों में स्नान कर के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना शुरू कर दी है वाराणसी में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है लोगों ने वहां विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे है